इन केन्द्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार में मदद मिलेगी ये केन्द्र भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंघान संस्थान मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंघान संस्थान और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्ररोग संस्थान में स्थापित किये गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन केन्द्रों में प्रतिदिन दस हजार से ज्यादा नमूनों की जांच की जा सकेगी प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच की संख्या रिकॉर्ड एक लाख प्रतिदिन के आंकड़े को पार कर गयी है कल राज्य में एक लाख छः हजार नौ सौ बासठ कोविड नमनों की जांच की गयी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक किसी भी प्रदेश में एक दिन में इतने टेस्ट नहीं किए गए हैं उधर राज्य में पिछले चौबीस घटों के दौरान कोरोना संक्रमण के तीन हजार पांच सौ अठहत्तर नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर छबीस हजार दो सौ चार हो गयी है इकत्तीस लोगों की मृत्यू के साथ बीमारी से अब तक जान गंवाने वालों की संख्या एक हजार चार सौ छप्पन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता को लगातार बढाए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि पच्चीस लाख तक की आबादी वाले जनपदों में रैपिड एन्टीजन विधि से प्रतिदिन एक हजार टेस्ट और पच्चीस लाख से अधिक की आबादी वाले जनपदों में प्रतिदिन डेढ हजार टेस्ट किए जाएं लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए उन्होंने कहा कि जिलों में टूनैट मशीन से भी रोजाना ढाई हजार नमूनों की जांच की जाए राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से पहले अयोध्या के सौन्दर्यीकरण का काम तेज हो गया है नगर निगम ने वृहद स्तर पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया है पांच सौ से अधिक कार्मिक इस काम में लगाए गए हैं हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विराजमान रामलला स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग में पड़ने वाले भवनों को सजाया संवारा जा रहा है जगह जगह तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं मार्ग के दोनों और रामायण कालीन प्रसंगों पर आधारित चित्रण किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद भूमि पूजन से दो दिन पूर्व से ही अयोध्यावासी घरों में दीप प्रज्ज्वलित करेंगे और मंदिरों में संकीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किये जायेगे उधर अयोध्या में रामलला के दर्शन की अवधि में बदलाव किया गया है प्रथम पाली में दर्शन का समय एक घंटे बढ़ा दिया गया है अपर जिला मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब प्रथम पाली में सुबह सात बजे से दोपहर बारह बजे तक दर्शन की अनुमति होगी द्वितीय पाली में श्रद्वालु पूर्व की तरह दोपहर दो बजे से शाम छ बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान केवल स्थानीय लोगों को ही दर्शन की अनुमति है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या नौ लाख को पार कर गई है इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब तिरसठ दशमलव नौ दो प्रतिशत हो गयी है कोरोना से मृत्यू दर भी घटकर दो दशमलव दो आठ प्रतिशत रह गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटे में इकत्तीस हजार नौ सौ इक्यानबे मरीज ठीक हुए हैं अब तक कुल नौ लाख सत्रह हजार पांच सौ अड़सढ रोगी स्वस्थ हुए हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंघान संस्थान नई दिल्ली के वरिष्ठ कंसलटेंट डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाये रखने पर बल दिया जब तक हमारे पास उनकी ट्रिटभेंट वैक्सीन या मेखिसिन के रूप में न निकले तब तक हमें जो प्रिकोसिंग मेजर्स है वो फोलो करने हैं

कोशिश करे कम से कम घर से बाहर निकलना और जबकि निकलना भी पड़े घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दल कलाम की पृण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने महान वैज्ञानिक और शिक्षक डॉक्टर कलाम को श्रद्दाजलि अर्पित की जन राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के रूप में लोकप्रिय डॉक्टर कलाम का शिलांग में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते समय सत्ताईस जुलाई दो हजार पन्द्रह को निघन हो गया था दिल्ली समाचार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोरखपुर जिला प्रशासन ने नगर के चार थाना क्षेत्रों कोतवाली तिवारीपुर राजधाट और गोरखनाथ क्षेत्र में कल से चार अगस्त की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि लॉकडाउन कल सुबह पांच बजे से प्रभावी हो जाएगा आजमगढ़ जिले के कंघरापुर थाना क्षेत्र के गांव हरिहरपुर में आज तालाब में नहाने गए तीन बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गयी तीनों बच्चे निकट संबंधी थे समी मृतकों की आयु दस से सत्रह वर्ष के बीच थी